प्रदेश के कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पुलिस की ओर से लॉकडाउन की सख्ती से पालना के लिए फ्लैग मार्च और गश्त की व्यवस्था की गई है जोधपुर में परकोटे के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया वहीं पुलिस कमिश्नर ने संक्रमित क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया सीकर में पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला ने शहर के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का दौरा कर अधिकारियों को कर्फ्य की कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए इस बीच सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने सवाई माधोपुर बामनवास गंगापुरसिटी बाटोदा और मलारना डूंगर का दौरा किया उन्होंने गंगापुर सिटी में क्वारेंटीन सेंटर में रह रहे लोगों को दूध और फल वितरित किए मशहूर फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का आज सुबह मुंबई में निधन हो गया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर दुख प्रकट किया है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे फिल्मों और देश की प्रगति के बारे में बहुत उत्साही थे केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने भी ऋषि कपूर के निधन पर दुख व्यक्त किया है

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से कहा है कि रोजगार सुजन ग्रामीण आवास और ढांचागत विकास से जुड़ी ग्रामीण विकास परियोजनाओं को सक्रियता से लागू करें

श्री तोमर ने कल वीडियो कॉन्फ्रॅस के माध्यम से राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान यह बात कही

बूंदी जिले में सरकारी खरीद केन्द्रों पर बारिश में भीगने से चमक हल्की हुए गेंहूँ को भी खरीदा जा सकेगा

डकैत भारत गुर्जर ने कल शाम धौलपुर पुलिस के सामने आत्समर्पण कर दिया

इस बीच मौसम विभाग ने जयपूर नागौर सीकर बीकानेर चूरू और श्रीगंगानगर तथा आसपास के इलाकों में आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की है श्रोताओं से निवेदन है कि वे कोरोना संकमण के संबंध में सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों को साझा न करें और घरों में ही रहें सतर्क रहें और आकाशवाणी समाचार सुनते रहें